प्याज केन्द्र केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं और साथ ही इसके बेहतर भंडारण की प्रौद्योगिकी विकसित करने के उपाय किए हैं कल लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध भंडारण सीमा को लागू करना प्याज के आयात और हस्तांतरण को कम आपूर्ति वाली श्रेणी में शामिल करने जैसे उपाय किए हैं उन्होंने यह भी कहा कि प्याज के भंडारण के लिए उन्नत वैज्ञानिक सुविधा की जरूरत है और सरकार ने इस दिशा में कार्य करना शुरू भी कर दिया है नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है प्रत्याशियों के नामांकन जमा करने का सिलसिला आज भी जारी रहा वहीं विभिन्न पार्टियों द्वारा लगातार उम्मीदवारों की सूची भी घोषित की जा रही है रायपुर में नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी रायपुर के सत्तर वार्ड में से छियासठ वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है बाकी चार वार्ड के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आज देर रात तक होने की संभावना है वहीं कांग्रेस ने भी रायपुर के सत्रह वार्डो के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं इसके अलावा कांग्रेस ने अंबिकापुर सीतापुर लखनपुर और भटगांव निकाय के लिए भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है निकाय चुनाव के लिए सात दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी वहीं नौ दिसंबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे इसी दिन उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा और उन्हें चनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा गौरतलब है कि नगर निगमों नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इक्कीस दिसंबर को मतदान होगा और चौबीस दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सात सदस्यों की समिति गठित की है यह समिति इस योजना से महिलाओं को लाभान्वित करने की संभावना सहित योजना को लागू करने में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी साथ ही समिति द्वारा इस योजना से पात्र महिलाओं को शत प्रतिशत लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा इस संबंध में समिति को अगले पन्द्रह दिनों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के तहत केवल पहले संतान के लिए पांच हजार रूपए की राशि तीन किश्तों में महिलाओं को भुगतान की जा रही है कृषि विवि कार्यशाला कृषि विज्ञान केन्द्र और रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पोषण आहार के महत्व पर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटील ने कुपोषण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र कुपोषण दूर करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं कार्यशाला में रेडी दू ईट के विभिन्न व्यंजनों के संबंध में भी जानकारी दी गई साथ ही ग्रामीण महिलाओं ने कहा गया कि वे इसे तैयार करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करें गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर दिन अनाज दाल अण्डा दूध हरी सब्जियां और मौसम फल में से कम से कम चार आहार का सेवन रोज किया जाना चाहिए

साथ ही इस लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने लूटी गई रकम भी बरामद कर ली है मिली जानकारी के अनुसार बीते तीन दिसंबर को खरसिया में भारतीय स्टेट बैंक के पास नकाबपोशों ने तेरह लाख रूपए की लूट को अंजाम दिया था इस मामले में अड़भार के नगर पंचायत अध्यक्ष सहित उसके पुत्र और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए चार पहिया वाहन मोटर सायकल और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं

इन सभी को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया मिली जानकारी के अनुसार इस चिटफंड कंपनी के विरूद्व रायपुर बेमेतरा कांकेर बलौदाबाजार भाटापारा और बिलासपुर में अलग अलग मामले दर्ज हैं बताया जाता है कि पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए पुलिस द्वारा सभी आरोपियों की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी इकट्ठा किया जा रहा है

इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में श्रद्वांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए कहा है कि बाबा साहब ने सामाजिक भेदभाव के विरूद्व अभियान चलाया और सबके लिए समान अधिकार तथा आजादी की वकालत की रेलवे स्वाइप मशीन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा स्टेशनों में स्वाइप मशीन लगाने का निर्णय लिया है इसके तहत रायपुर बिलासपुर और नागपुर मंडल के कुछ स्टेशनों में डिजिटल भुगतान के लिए स्वाइप मशीन लगाई जाएगी जिसके जरिए यात्री बुकिंग काउंटर पर अपना टिकट लेने के लिए डिजिटल भुगतान कर सकेंगे इस सुविधा के पूरी तरह लागू होने पर पीएनआर नंबर जारी होते ही रेल यात्रियों को यात्रा का विवरण और उनके खाते से निकाली गई राशि की जानकारी एसएमएस द्वारा तुरंत मिल जाएगी वहीं इस प्रक्रिया में टिकट रद्द होने पर तत्काल राशि संबंधित व्यक्ति के खाते में वापिस करने का भी प्रावधान किया गया है क्रीड़ा प्रतियोगिता एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बिलासपुर संभाग को सभी खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए टीम चैंपियनशिप का खिताब मिला वहीं अंतागढ़ के अर्जुन कवाची को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल रायपुर के कोटा स्टेडियम में प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता टीम और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान किए इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि खेल युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जगाता है साथ ही खेल हमें जीवन में असफलता का सामना करने का हौसला भी देता हे उन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए स्कूली खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न स्पर्धाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन किए जाने पर उनकी विशेष रूप से सराहना की राज्यपाल ने कहा कि यदि इन आदिवासी क्षेत्रों के खेल प्रतिभाओं को लगातार प्रशिक्षित किया जाए तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक जीतकर आएंगे उन्हें राजभवन में विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा पावर लिफ्टिंग नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने बड़ी सफलता हासिल की है बीते तेईस से सत्ताईस नवंबर तक चली इस प्रतियोगिता में दुर्ग जिले अश्विनी देवांगन ने छियासठ किलो वर्ग में रजत पदक जीता वहीं राम नगीना ने तिरानवे किलो वर्ग में कांस्य पदक जीत कर प्रदेश का नाम रौशन किया है गौरतलब है कि प्रतियोगिता में सत्ताईस राज्यों के अलावा सात निगम मंडलों के करीब बारह सौ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जशप्र अकांक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से जशपुर जिले में आकांक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया है जिले के दुलदुला विकासखंड में यूनिसेफ और रूम दू रीड संस्था के आठ विशेषज्ञ एक सौ चालीस चयनित शिक्षकों संकुल केन्द्र समन्वयकों और शिक्षा अधिकारियों को चार दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं प्रशिक्षण के दौरान प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की भाषा सुधार का विशेष प्रयास किया जा रहा है